उन्होंने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे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 मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि गृहिणी सुविधा योजना से प्रदेश के एक लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा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

इस बीच पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने शिमला में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के सरल सहज और क्शल नेतृत्व से बौखला गई है और पार्टी नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं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 सोलन जिले के कुनिहार में आज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर व्यापक योजना तैयार की है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

मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना के तहत इस कार्यक्रम में कुल्लू जिले में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा